प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आशा जताई कि वर्तमान खरीफ मौसम में खादयानों का रिकार्ड पैदावार होगी

तीन दिवसीय ये सम्मेलन किसानों की आय दोग्नी करने के लिए कृषि में आध्निक और विविध तकनीकों को बढावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है इस सम्मेलन में इज़राइल और जापान साझीदार देश और हरियाणा और झारखंड साझीदार राज्यों के तौर पर भाग ले रहे हैं गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश सरकार कृषि और सम्बधित क्षेत्रों में निवेश के लिए जापान के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करेगी इस तीन दिवसीय सम्मेलन में एक लाख से भी अधिक किसानों वैज्ञानिकों विशेषज्ञों और उद्योग पतियों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है चाल् धान कटाई मौसम के दौरान हरियाणा के किसानों ने पराली को नहीं जलाया है सरकार ने किसानों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हए उनके प्रंशसा की है किसानों ने पराली न जला के पर्यावरण स्रक्षा के प्रति अपनी उच्च स्तर की जिम्मेवारी और जागरूकता प्रर्दशित की है हरियाणा में क्ल सात लाख किसानों द्वारा धान की खेती की जा जाती है

ये क्ल कटाई क्षेत्र में पराली जलाने की सूचना मिली है

उन्होंने बताया कि व्यापक अभियान और कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना और व्यक्तिगत कृषि उपकरणों की खरीद के लिए सबसिडी का प्रावधान किए जाने से ऐसा सम्भव हो सका है उधर पलवल उपाय्क्त डा मनी राम शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत बांसवा के सरपंच व ग्राम पंचायत भिड्रकी के सरपंच को पराली जलाने से रोकने में सहयोग न करने पर उन्हें पद से निलंबित कर दिया है

उपाय्क्त ने खंड विकास अधिकारी होडल को निर्देश दिए है कि इन गांवों में पंचायत का सम्पूर्ण रिकार्ड बह्मत वाले पंच को सौंप दिया जाये तथा ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो के सभी अन्दान रोक दिए जाये

पांचवी बार आयोजित होने वाला ये मलो चार नवम्बर तक चलेगा श्रीमती गांधी ने बताया कि देश के आइ महिला किसान व उधमी इस मेले में भाग लेगी और अपने उत्पाद बेचेंगी

इसके साथ ही पचास हजार टय्बवैल भी सौर ऊर्जा से संचालित किए जायेंगे ताकि किसानों को बिजली उत्पादक भी बनाया जा सके

डा बनवारी लाल ने कहा कि सौर ऊर्जा समय की मांग है जिसे सबकों अपनाने की जरूरत है

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने रोडवेज़ की हड़ताल पर साफ तौर पर कहा कि हड़ताल के पीछे कर्मचारी के नहीं बल्कि दूसरे दलों के हित है आज रोहतक में पत्रकारों से चर्चा कर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ये ये बात सही नहीं है कि सिर्फ वे ही ठीक है स्भाष बराला ने कहा कि हरियाणा सरकार अगर कोई नीतिगत फैसले लेती है जो कर्मचारियों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इससे कर्मचारियों के हित प्रभावित नहीं हो रहे है हरियाणा सरकार य्वा खेल नीति के अन्सार प्रदेश में खेलों की हब बनाना चाहती है जिसके चलत सरकार शीघ्र ही प्रदेश के तीन सौ खिलाड़ियों को नौकरी देने जा रही है

इस अकादमी में देश भर से च्ने गये खिलाड़ियों से कोई श्ल्क नहीं लिया जायेगा अपित् उनके रहने खाने पीने और आवागमन के तमाम खर्च अकादमी वहन करेगी पंचकूला के विधायक एंव म्ख्य सचेतक ज्ञान चंद ग्प्ता ने कहा है कि सरकार के चार साल के कार्यकाल में पंचकूला में दो हजार करोड़ रूपये की राशि से विकास कार्यकरवाए गए है और पंचकूला अब निवेश एवं रिहायश के मामले में जनता की पहली पंसद बन गया है पत्रकारों से बातचीत करते हूए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के समय क्षेत्रवाद एवं गृटबाज़ी के कारण पंचकुला के मामले में पिछड़ गया था अब रिकार्ड तोड़कार्य करवाए गए है

पूर्वाचल के लोगों के लिए एक एकड़ भ्रखंड पर छट पूजा घाट का निर्माण दो करोड़ रूपये की लागत से करवाया जा रहा है